व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रामपुर का चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला शुरू राज्यपाल ने किया विधिवत् शुभारम्भ प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात से ठण्ड में बढ़ोतरी जनमंच सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को शीघ्र न्याय दिलवाने और उनकी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए कृतसंकल्प है इसके लिए जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया गया है महेन्द्र सिंह ठाकुर आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत लोअर देहलां में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी पेयजल भण्डारण टैंकों को साफ करवाया गया है ताकि पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों के ऐसे कार्य अब शीघ हो रहे हैं जिनके लिए पहले उन्हें राज्य अथवा जिला मुख्यालय जाना पड़ता था

शिक्षा दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है

वे एक स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने एक टवीट संदेश में मौलाना आजाद को श्रंद्वाजलि अर्पित की सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव रघुवीर सिंह बाली को चम्बा ज़िला का प्रभारी नियुक्त किया है इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक ऑबजर्वरज की नियुक्तियां की हैं ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें सबंधित ब्लॉक में जाकर मासिक बैठकें करने और बूथ कमेटियों का गठन कर शीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति ऐप से जोड़ने के निर्देश भी दिए परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है कांगड़ा ज़िला के सुलह में रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसके लिए मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है

परिवहन मंत्री वन परिवहन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है वन मंत्री आज कुल्लू ज़िला के ढालपुर स्थित कलाकेन्द्र में एक निजी स्कूल के समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि प्रत्येक राजकीय विद्यालय से योग्य छात्र निकल सकें उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्रों के मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है और इसका मुख्यमंत्री स्वयं अनुश्रवण कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में राजकीय विद्यालयों में प्री नर्सरी की कक्षाएं आरम्म की हैं जिससे प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा इस अवसर पर वन मंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी वितरित किए

वीरेन्द्र कंवर आज ऊना ज़िला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेने के उपरांत ग्राम पंचायत थड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ज़िला में विक्रय व प्रदर्शनी केन्द्र खोले जाएंगे ताकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का आसानी से बाज़ार उपलब्ध हो

इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास कृषि पश्पालन तथा मत्स्य विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं

लवी मेला भारत तिब्बत संबंधों का प्रतीक रामपुर बुशहर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से शुरू हो गया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मेले के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि मेले व त्योहार प्राचीन परम्पराओं के प्रतीक हैं और इनका देश व प्रदेश की उच्च संस्कृति को सुरक्षित रखने में अहम योगदान है उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लवी मेला व्यापारिक गतिविधियों व पौराणिक परम्पराओं के लिए विख्यात है चार दिवसीय इस मेले में प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में व्यापारी अपने उत्पाद विक्रय करने आते हैं

भारत तिब्बत संबंधों का प्रतीक ये मेला व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है लवी मेला ग्रामीण दस्तकारों के रोजगार और आर्थिक मजबूती का केंद्र मोना जाता है मेले को दौरान हाथ से बने वस्त्रों शॉल पट्ट पट्टी टोपी मफलर खारचे आदि की मांग बढ़ जाती है दर दराज क्षेत्र के बुनकरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रोजगार का प्रमुख साधन है लवी में ग्रामीण दस्तकार साल भर विभिन्न प्रकार के वस्त्र व दूसरा सामान तैयार कर बेचते हैं ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम कर रहा है मध्य शताब्दी में रामपूर रियासत के तत्कालीन राजा केहर सिंह के समय से शुरू हुए लवी मेले में तिब्बत अफगानिस्तान और उजबैकिस्तान के व्यापारी यहां कारोबार के लिए पहुंचते थे मेले में व्यापारी सूखे मेवे ऊन पशम और पशुओं सहित घोड़े लेकर रामपूर पहुंचते थे जिसके बदले ये लोग रामपूर से नमक जो कि मंडी जिला के गुम्मा से यहां लोग जाता था और गुड़ सहित अन्य राशन लेकर जाते थे वर्तमान में मेले के स्वरूप में बदलाव आया है अब इस मेले में किन्नौर के व्यापारियों के अलावा पंजाब हरियाणा और अन्य राज्यों के व्यापारी शिरकत करते हैं चार दिवसीय इस मेले में सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएगी जो स्थानीय लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगी

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि आज बेहतर विकल्प बनकर उभरी है जिसे अपनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक कृषि भारतीय नस्ल की गाय पर आधारित है उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्थानीय नस्ल की गायों को सड़कों पर न छोड़ें और उनकी उपयोगिता को समझते हुए नस्ल सुधार पर कार्य करें मुख्य सचेतक व विधायक नरेन्द्र बरागटा उपायुक्त शिमला अभित कश्यप आनी के विधायक किशोरी लाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं हरोली कांग्रेस की मासिक बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये रहे मौसम के इस मिजाज़ से सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है जिससे प्रदेश के जनजातीय इलाकों सहित अधिकतर भागों में ठंड बढ़ गई है राज्य के जनजातीय ज़िला किन्नौर में घने बादल छाए रहे कांगड़ा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार ज़िला की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्के हिमपात का समाचार है

उधर लाहौल स्पीति ज़िला प्रशासन ने ज़िले की ऊंची चोटियों पर हो रहे हल्के हिमपात के दृष्टिगत स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार न करने की सलाह दी है

उन्होंने बताया कि सीमा सड़क संगठन ने अधिकांश मशीनरी को मनाली स्थानांतरित कर दिया है